उन्होंने कहा कि लोगों को दो गज की दूरी मास्क है जरूरी के संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को सार्वजनिक स्थान पर मास्क का प्रयोग न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ जर्माना राशि बढाने के भी निर्देश दिए लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने जिलों में अतिरिक्त एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में ट्टनेट मशीन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड नाइन्टीन की जांच क्षमता को और बढ़ाने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि रैपिड एन्टीजन टेस्ट के अलावा आरटीपीसीआर से प्रतिदिन तीस हजार जांच की जाए उन्होंने अस्पतालों में भर्ती कोविड रोगियों के परिजनों को रोगी के स्वास्थ्य की जानकारी नियमित रूप से दिए जाने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अब तक तैंतीस हजार से अधिक कोविड हेल्य डेस्क स्थापित किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हए इनके सुचारू संचालन पर बल दिया श्री योगी ने स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने परीक्षाओं से संबंधित दिशा निर्देशों में संशोधन किया है विद्यार्थियों की सुरक्षा करियर प्रगति प्लेसमेंट और व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने तय किया है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के विद्यार्थियों का मूल्यांकन पूर्व के दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगा यह फैसला भी किया गया है कि अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों का मूल्यांकन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद इस वर्ष सितंबर के आखिर में होगा दिशा निर्देशों में कहा गया है कि विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा निष्पक्ष और समान अवसर के सिद्वांत महत्वपूर्ण हैं इसके साथ ही शैक्षिक विश्वसनीयता वैश्विक रूप से विद्यार्थियों के लिए करियर के अवसर और भावी प्रगति सुनिश्चित करना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है दिशा निर्देशों के अनुसार बैकलॉग वाले अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का मूल्यांकन अनिवार्य रूप से ऑफलाईन ऑनलाइन या उपयुक्त और व्यावहारिक रूप से मिली जुली परीक्षा के आधार पर होगा आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में हम कोविड नाइन्टीन पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करते हैं

उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन की रोकथाम के लिए किये गये उपाय के अच्छे परिणाम आ रहे हैं अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि यह वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में आज का हालात जो है इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में वाराणसी में प्रत्येक वर्ष की तरह पवित्र सावन के महीने में लाखों श्रद्वालु काशी विश्वनाथ मंदिर में एकत्र होते हैं लेकिन इस समय वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पहले सोमवार के दिन श्रद्दालुओं की भीड काफी कम रही हमारे संवाददाता ने बताया कि सावन के दौरान दिन प्रसाद वितरण की होम डिलिवरी की सुविधा शुरू की गई है डाक विभाग और काशी विश्वनाथ मॉदेर ट्रस्ट की और से मॉदेर के प्रसाद की होम बिलिवरी सीधे भक्तों के घर करने की योजना पहले दिन से ही भक्तों के बीच तोकप्रिय हो गई है डाक विभाग के तखनऊ मुख्यालय परिवेत्र के निरेशक कृष्ण कुमार यादव ने आकाशवाणी को बताया कि इस योजना की शिक्षकों में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है

सुष्ठील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश के कई स्थानों पर कल रात से रूक रूक कर वर्षा हो रही है गोरखपुर में बीती रात तेज वर्षा होने से लोगों को पिछले कुछ दिनों से पड़ रही गर्मी से राहत मिली आज दिन भर बादल छाए रहने और रूक रूक कर दूदाबादी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गयी वाराणसी अयोध्या क्शीनगर सिद्दार्थनगर गोण्डा चंदौली और पीलीभीत में भी तेज से मध्यम वर्षा दर्ज की गयी मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अगले चार दिनों तक गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जतायी है उधर गोण्डा में तेज वर्षा और पहाड़ी इलाकों से पानी छोड़े जाने से घाघरा का जलस्तर बढ़ गया है जनपद में नदी खतरे के निशान से तैंतालीस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है अयोध्या में सरयू का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है नदी खतरे के निशान के निकट बह रही है